एक चरण में होने वाले इस च्नाव की सभी तैयारियां जोरो पर है राज्य च्नाव आयोग के उप सचिव हाब्ंग लमप्ंग ने बताया कि इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों ई वी एम को तैयार कर लिया गया है और संबंधित जिला च्नाव अधिकारियों दवारा अपने संबंधित अधिकारियों के माध्यम से मतपत्र एकत्र किए जा च्के है ई वी एम का उपयोग ईटानगर और पासीघाट नगर निगम च्नाव में किया जाएगा जबकि मतपत्रों का उपयोग पंचायत च्नाव में किया जाएगा श्री लमप्ंग ने बताया कि प्री च्नाव प्रक्रिया को आयोजित करने के लिए दस हजार मतदान कर्मियों को तैनात किया जाएगा क्ल सात लाख पैसठ हजार पांच में से चार लाख नवासी हजार चार सौ तेईस मतदाता राज्य के दो हजार दो सौ उनसठ मतदान केंद्रों में से एक हजार चार सौ बहत्तर में स्थानीय निकाय च्नावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे

श्री लमप्ंग ने बताया कि पंचायत च्नाव में एक सौ इकतालीस जिला परिषद की सीटे और एक हजार सात सौ दो ग्राम पंचायत की सीटें है एक सौ दस ग्राम पंचायतों पर एकल नामांकन पत्र होने के कारण च्नाव नहीं होगा उन्होंने कहा कि मौजूदा चरण की च्नावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आयोग अंतिम निर्णय लेगा

श्री कुमार ने इस संबंध में जिलों की तैयारियों की स्थिति की समीक्षा की और जिला अधिकारियों से जिलों में कोल्ड चेन की उपलब्धता उपकरणों की उपलब्धता आदि की निगरानी के लिए कहा

उनतीस नए मामलों में से तवांग जिले से सबसे अधिक ग्यारह ईटानगर राजधानी क्षेत्र और ईस्ट सियांग से चार चार लोहित से तीन चांगलांग लोअर सियांग तथा तिरप से दो दो और लेपारादा जिला से एक मामला सामने आया है चार मरिजो को छोड़कर सभी मरीज एसिम्टोमेटिक है वहीं उपचार के बाद बारह मरीज स्वस्थ हो च्के है जिससे स्वस्थ होने वालों का आकड़ा बढ़कर सोलह हजार दो सौ नब्बे हो गई है

इस कानून से देश के किसान को अधिक स्वतंत्र और सशक्त होंगे किसानों को लिखे अपने पत्र में श्री तोमर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को आगे बढ़ाते हए मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी की सेवा करने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है श्री तोमर ने कहा कि वह किसानों और उनके संगठनों के निरंतर संपर्क में हैं और कई संगठनों ने सुधारों का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि कई किसानों ने नए कानूनों का लाभ उठाना श्रू कर दिया है

आई सी ए आर द्वारा चलाए जा रहे इस परियोजना को भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान ने ग्रुवार को सियांग जिले में प्रारंभ किया था इस अवसर पर रिगा गांव में जागरुकता सह किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम के विशेषज्ञ ने ग्रामीण किसानों से वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ अनाज की खेती को अपनाने का आग्रह करते हुए अपनी कृषि आधारित घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ाने को कहा